बलरामपुर जिले में दंतैल हाथी की मौत के मामले में आठ आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एनआईए एक्ट के अनुसार वह जांच कर सकती है डबल बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह भीमा मंडावी हत्याकांड के ं सारे दस्तावेज एनआईए को सौंप दें मुख्य न्यायाधीश रामचंद्रन और पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने आज यह फैसला सुनाया इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भीमा मंडावी हत्याकांड पर हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी मुख्यमंत्री ने कहा कि विधि विशेषज्ञों और अधिकारियों से चर्चा के बाद सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हाईकोर्ट द्वारा भीमा मंडावी की मौत की जांच एनआईए से कराने के फैसला का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि एनआईए किसी भी घटना की बडी सुक्ष्मता और गहनता से जांच करती है हाईकोर्ट के निर्णय से भीमा मंडावी के परिवार सहित भाजपा को भी न्याय की उम्मीद बंधी है प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है योजना के तीन वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सभी को आवास उपलब्ध कराने की योजना से करोडो लोगो का सशक्तिकरण है उन्होंने कहा कि घर का मतलब केवल चार दीवारे ही नहीं होता बल्कि यह लोगों के सपनों और आकांक्षाओं के पूरा होने का स्थान होता है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज धमतरी में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पटटा वितरण कार्यक्रम में यह चोषणा की इस मौके पर उन्होंने किसानों से कम्पोस्ट खाद का इस्तेमाल करने पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि धमतरी जिले में सबसे ज्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है उन्होंने अच्छी पैदावार के लिए किसानों से कम्पोस्ट खाद का उपयोग करने के लिए कहा इसके अलावा श्री बघेल ने गौठान परियोजना को बढावा देने पर भी जोर दिया उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब मवेशी नजर नहीं आने चाहिए इन सभी को व्यवस्थित रूप से गौठान में जगह दी जाए धान खरीदी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी हालत में प्रदेश के किसानों से पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर पर ही धान खरीदा जाएगा अवैध धान जब्त प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एक दिसंबर से शुरू होगी इसे देखते हुए अवैध धान परिवहन के खिलाफ प्रशासन अलर्ट हो गया है अब तक साढ़े छियालीस हजार क्विंटल से अधिक धान जब्त किया जा चुका अधिक महासमुंद जिले में छह सौ बयासी क्विंटल धान जब्त किया गया है

सबसे धान परिवहन में लिप्त अनेक वाहनों को भी खाद्य प्रशासन ने जब्त किया है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अधिकारियों की बैठक लेकर सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव धान खरीदी वहीं मुख्य सचिव आरपी मंडल ने धान के अवैध परिवहन में लिप्त बिचौलियों और अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिला कलेक्टरों के साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली मुख्य सचिव ने धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा उन्होंने धान के अंतर्राज्यीय अवैध परिवहन को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ ही अन्य जिलों में भी चेक पोस्ट बनाकर इलाके की पेट्रोलिंग करने को कहा मुख्य सचिव ने धान के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों को भी जब्त करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं श्री मण्डल ने कहा है कि धान खरीदी से पहले किसानों के रकबे का सत्यापन गिरदावरी के आधार पर कर लिया जाए और कस्टम मिलिंग से जुड़े हए राईस मिलरों के धान के स्टाक का सत्यापन कर लिया जाए उन्होंने धान खरीदी के लिए किसानों को जारी किए जाने वाले टोकन और किसान के फसल का भी सत्यापन करने को कहा रोजगार दिवस प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में दिसंबर से मार्च तक रोजगार दिवस पर पचास दिन रोजगार प्राप्त करने वाले जॉब कार्डधारियों की पहचान कर उनकी सूची बनाई जाएगी इस अवसर पर उनसे पच्चीस दिवसों के रोजगार के मांग के आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे इस प्रकार पचहत्तर दिन के रोजगार दिवसों की कार्ययोजना के अनुरूप कार्य प्रारंभ किए जाएंगे इस संबंध में जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है वहीं अगले साल फरवरी में नागरिक सुचना पटल में अधूरे लेखन कार्य को पूरा किया जाएगा इस दौरान नागरिक सूचना पटल की उपयोगिता और उसमें प्रदर्शित की जाने वाली जानकारियों और उनकी सुरक्षा के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता की घोषणा होने पर आयोजन स्थगित कर दिया जाएगा राज्यगीत अधिसूचना छत्तीसगढ़ का राज्यगीत अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है अधिसुचना के प्रकाशन के साथ ही राज्यगीत प्रभावशील हो गया है राज्य शासन ने सभी शासकीय कार्यक्रमों के प्रारंभ में राज्य गीत का गायन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि डॉक्टर नरेन्द्र देव वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार को राज्य गीत घोषित किया गया है मुख्यमंत्री सड़क शिलान्यास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में एक हजार नौ सौ करोड़ रूपए की लागत वाली सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी परियोजना के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में तेरह सड़कों का विकास किया जाएगा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरबा से बिलासपुर मार्ग के सुधार और मरम्मत कार्य के लिए तीस करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं कवासी लखमा हरियाणा प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन अगले महीने किया जा रहा है इस महोत्सव में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों को मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करने के लिए प्रदेश के मंत्रियों को अलग अलग राज्यों का दायित्व सौंपा गया है इस सिलसिले में मंत्री कवासी लखमा आज हरियाणा के लिए रवाना हुए वे कल सुबह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे और उन्हें छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण देंगे तीन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन सत्ताईस दिसम्बर से राजधानी रायपूर में किया जाएगा इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ के आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता के विजेता दल सहित अन्य राज्यों के आदिवासी नृत्य दल भाग लेंगे

अब कोई भी व्यक्ति प्रोजेक्ट में विक्रय बंधक विक्रय के लिए शेष इकाईयों की जानकारी रेरा के वेब पोर्टल से प्राप्त कर सकता है इसके अलावा छत्तीसगढ के प्रमुख शहरों के रियल एस्टेट प्रोजेक्टस के निवेश की जानकारी भी नक्शे के माध्यम में प्राधिकरण के वेब पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है कृषि अर्थशास्त्र सम्मेलन भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसायटी का वार्षिक सम्मेलन कल से रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रहा है राज्यपाल अनुसुईया उइके इस तीन दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी सम्मेलन में देश के प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री और शिक्षाविद शामिल होंगे इस कार्यक्रम में देश में कृषि के आर्थिक परिदृश्य और किसानों की आर्थिक स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा साथ ही कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए विभिन्न अनुशंसाएं की जाएंगी हाथी मौत आरोपी गिरफ्तार बलरामपुर जिले के रघनाथ नगर वन परिक्षेत्र में पिछले दिनों एक दंतैल हाथी की मौत के मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं तीन आरोपी फरार हैं इनके पास से दो हाथी दांत बरामद किए गए हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक अतुल शुक्ला ने बताया कि हाथी दांत की कीमत सत्तर लाख रूपये आंकी गई है उन्होंने जानकारी दी कि अचानकमार टाईगर रिजर्व के लोरमी बफर क्षेत्र में जंगली सूअर के अवैध शिकार के मामले में भी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है व्याख्याता भर्ती दावा आपत्ति लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा व्याख्याता की सीधी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं द्वारा ली गई चयन परीक्षा के अपात्र घोषित आवेदक पच्चीस से तीस नवंबर तक अपना दावा पेश कर सकते हैं अब तक सभी छह विषयों में चार हजार से अधिक अभ्यार्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया गया था दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ग्यारह सौ से अधिक छात्र अपात्र पाए गए थे संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिका के चुनाव की तैयारी के संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह की अध्यक्षता में कल रायपुर में सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई है नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट समय सीमा में तैयार करने के निर्देश दिए हैं यह प्लांट रायपुर जिले के सकरी में बनाया जा रहा है और आयुर्वेद चिकित्सा विभाग द्वारा बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ में कल आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है